शुरुआत कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने प्रत्येक व्यक्ति से अपील की है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर चौदह अप्रैल तक आयोजित किए जा रहे टीका उत्सव में बढ़चढ कर भाग लें श्री जावडेकर ने लोगों से कोविड के खिलाफ देश की मुहिम का एक हिस्सा बनकर अपनी और अपने परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अभियान को कोरोना के खिलाफ दूसरे महासंग्राम की संज्ञा दी है उन्होंने चार सिद्धांतों का पालन करने की अपील की केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के पहले दिन अनेक कार्य स्थलों पर टीका केन्द्र संचालित किये गये रविवार होने के कारण इनमें से ज्यादातर केन्द्र प्राइवेट कार्य स्थलों पर चलाये गये

मंत्रालय ने बताया है कि नौ करोड से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है इनमें चार करोड से अधिक वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं राज्य में कल अस्सी हजार पांच सौ सत्रह लोगों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया गया

वहीं छह हजार चार सौ तिरपन लोगों को वैक्सीन का सेकंड डोज दिया गया

इनमें तेरह हजार नौ सौ तैंतीस सक्रिय केस हैं जबकि एक लाख चौबीस हजार दो सौ अड़तीस मरीज ठीक हुए हैं अब तक राज्य में एक हजार दो सौ तेरह मरीज की मौत कोरोना से हुई हैं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट नवासी दशमलव एक तीन प्रतिशत है कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक बार फिर से प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों को लौटने लगे हैं ऐसे में कोडरमा स्टेशन पर कोरोना जांच में तेजी लाई गई है

वहीं एसडीओ मनीष कुमार ने कहा कि शत प्रतिशत लोगों की कोरोना जांच अति आवश्यक है ताकि आने वाले समय में कोरोना पर काबू पाया जा सके स्वास्थ्य विभाग की ओर से पांच हजार नौ सौ एक सेंपल झारखंड से आईसीएमआर भुवनेश्वर आरटी पीसीआर जांच करने के लिए भेजा गया है इनमें रांची जिले के आई आर एल ईटकी लैब से एक हजार नौ सौ चौवन सैंपल खूंटी जिला के सदर अस्पताल से छह सौ बानबे सैंपल रांची जिला के सदर अस्पताल से एह हजार दो चौ चौरानबे सैंपल और हजारीबाग के मेट्रो बायोलॉजी लैब मेडिकल कॉलेज से एक हजार नौ सौ एकसठ सैंपल शामिल है बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा कोरोना जांच का कार्य तेज कर दिया गया है बस के चालकों कंडक्टर खलासी और एजेंटों की कोरोना जांच की जा रही है जिला परिवहन पदाधिकारी अजय तिर्की ने बताया कि बसों के कर्मचारी विभिन्न जगहों पर रोजाना आवाजाही करते हैं इसलिए संक्रमण के खतरे को रोकने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है गोड्डा जिले में कल कोरोना से तीन व्यक्तियों की मौत हो गई है जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखकर आरटी पीसीआर और ट्रूनेट से संक्रमितों की पहचान में तेजी लाई गई है

सरायकेला खरसावां जिले में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है नगर में संक्रमित मामलों की पुष्टि होने के बाद तीन नए कंटेंटमेंट जोन बना दिए गए हैं

उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन बनाए गए क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सर्वे कार्य चलाया जा रहा है जिसमें संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान की जा रही है

संक्रमण के प्रसार को रोकने को लेकर जमशेदपुर में कंसंट्रेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय सचिव सुरेश संथालिया ने द्कानदारों से नो मास्क ना इंट्री अभियान का अनुरोध किया है उन्होंने झारखण्ड के सभी एसोसिएशन से कहा है कि अपने सदस्य दुकानदार को इस बात पर निर्देशित करें कि कोई ग्राहक बिना मास्क के दुकान में आए तो उन्हें पहले मास्क पहनने को कहे उसके बाद ही सामान दे केंद्र ने देश में कोविड महामारी की स्थिति में सुधार होने तक रेमडेसिविर इन्जेक्शन और इसे बनाने में काम आने वाले औषधीय तत्वों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में कोविड महामारी के मामलों में अचानक तेज बढोतरी दिखाई दी है और कोविड रोगियों के इलाज में काम आने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर की मांग भी तेजी से बढ़ी है मंत्रालय ने कहा है कि आने वाले दिनों में इसकी मांग में और तेजी आ सकती है मंत्रालय ने कहा है कि रेमडेसिविर के सभी घरेलू निर्माताओं को सलाह दी गई है कि वे अपनी वेबसाइट पर इस दवा के भंडारण और वितरकों का ब्योरा दें ताकि इसे आसानी से प्राप्त किया जा सके मंत्रालय ने कहा है कि औषधि निरीक्षक और अन्य अधिकारियों को स्टॉक का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं उन्हें धांधली और गलत तौर तरीकों पर नजर रखने तथा जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कारगर कार्रवाई करने को भी कहा गया है राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल में रेमडेसिविर को नैदानिक चिकित्सा में काम आने वाली दवा के रूप में दर्ज किया गया है जिसके बारे में साझा निर्णय लेना आवश्यक है

लोग नमो ऐप या माईगोव ओपन फोरम में अपने सुझाव दे सकते हैं

आज मुम्बंई में शाम साढ़े सात बजे राजस्थान रॉयल का सामना पंजाब किंग्स से होगा

इसी दौरान अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया हटिया एएसपी विनीत कुमार घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है सरायकेला खरसावां जिले में चार अलग अलग घटनाओं में चार लोगों की मौत हो गई है इसमें कुचाई थाना क्षेत्र के जोजोहातु गांव में बजपात से एक बच्चे की मौत हो गई जबकि एक और बच्चा घायल हो गया है वहीं कुदरसाई गांव में एक व्यक्ति का शव फांसी पर लगा मिला तीसरी घटना राजनगर थाना क्षेत्र की है

चौथी घटना चांडिल थाना क्षेत्र के घोडानेगी की है जहां सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई